खेल महाकुंभ के तहत आज से जिलास्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ

स्लग प्रधानमंत्री भेंटवार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने वादे के अनुसार किसानों के सभी कर्ज माफ नहीं किए हैं किसानों के कर्ज माफ किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरव मोदी विजय माल्या और मेहल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधी सरकार की कड़ी नीतियों से घबराकर विदेश भाग गये हैं लेकिन उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता का अगुस्ता वेस्ट लैंड हेलिकाप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का वकील बनना चिंता की बात है उन्होंने कहा कि इस मामले में जारी जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर प्रणाली आसान हुई है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आम आदमी के फायदे के लिए बारह सौ वस्तुओं पर कर की दरें कम की हैं वहीं नोटबंदी के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कालेधन की समानान्तकर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है

स्लग खेल महाकुम्भ खेल महाकुंभ के तहत आज से जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज हो गया अल्मोड़ा के एचएन बहुगुणा खेल स्टेडियम में खेल महाकुभ के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का श्भारंभ अल्मोड़ा के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने किया इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में बच्चों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है इसलिए खेल महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है

नई टिहरी में खेल प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ क्षेत्रीय विधायक धन सिंह नेगी और प्रभारी जिलाधिकारी आशीष भटगई ने किया श्री नेगी ने रेस मशाल को प्रज्ज्वलित किया प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को शपथ भी दिलायी गयी

प्रदेश के अन्य जनपदों में भी खेल महाकुंभ के तहत खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं

उन्होंने बताया कि व्यवस्था ठीक होने तक दो दिनों के लिए जिले के एटीएम बंद रहेंगे उन्होंने लोगों से दो दिनों तक एटीएम की बजाय बैंकों से धनराशि निकालने की अपील की है

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अपर सचिव एन सी पाठक ने बताया कि इंटर की परीक्षा पहली मार्च से जबकि हाईस्कूल की परीक्षा दो मार्च से होंगी

जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में तीन टीमों ने ये कार्रवाई की

उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों से दूसरी या तीसरी बार सिलेण्डर जब्त किये गये हैं उन पर भारी से भारी जुर्माना लगाया जायेगा उन्होंने बागेश्वर के गैस सर्विस प्रबन्धक को निर्देश दिये कि जिन प्रतिष्ठानों में कमर्शियल सिलेण्डर लगाये गये हैं वहां सिलेण्डरों की रिफिलिंग हो रही है या नहीं इसकी जांच की जाए स्लग मौसम उत्तराखंड प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है बदरीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री सहित राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हई जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश होने की खबर है राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह आसमान में बादल छाए रहे देहरादून में दोपहर बाद हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में तीन जनवरी से मसूरीचकराता धनौल्टी और दो हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलते मौसम चक्र के चलते अब बारिश और हिमपात संभव है

वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे की संभावना है साथ ही उन्होंने मैदानी इलाकों में शीत लहर की चेतावनी भी दी है

उन्होंने जिला चिकित्सालय संयुक्त चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और जिले के सभी कॉमन सर्विस सेन्टरों के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेहद महत्वकांक्षी अटल आयुष्मान योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जनपद के सभी परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी चिकित्सालयों के साथ ही चिन्हित निजी चिकित्सालयों में भी दी जायेंगी वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिला चिकित्सालय के साथ ही सीएचसी मोरी पुरोला बड़कोट चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर स्थापित कर दिये गये हैं उन्होंने बताया कि चिन्यालीसौड़ सीएचसी में पंजीकरण के लिए उपकरण स्थापित करने का कार्य चल रहा है

विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला राज्य केन्द्र पोषित वाह्य सहायतित और बीस सूत्री योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वाले विभागों को तीसरी किस्त जारी नहीं की जायेगी

इन कंपनियों के ऋणों को डुबा ऋण नहीं माना जाएगा इस निर्णय से ऐसे सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा जो नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं